केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद एनसीवीईटी के गठन को मंज्री दे दी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कौशल विकास के लिए मौजूदा नियाकम संस्थाओं व्यवसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास एंजेसी के विलय की भी मंज्री दी गई है श्री प्रसाद ने कहा कि एनसीईटी कौशल विकास में संलग्न संसथाओं द्वारा संचालित लंबी और लघ् अवधि के प्रशिक्षण को विनियमित करेगी इससे कौशल विकास कार्यक्रमों की ग्णवता में स्धार होगा श्री प्रसाद ने कहा कि इससे उद्योगों और अन्य सेवाओं मे कशल कर्मचारियों के सहयोग से व्यापार और स्गमता से संपन्न हो सकेगा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उचित व्यवहार अपनाने का आहवान किया है उन्होंनेए कहा है कि इस बारे जागरूकता लाने की आवश्यकता है सोशल मीडिया को प्री जिम्मेदारी के साथ प्रयोग में लाने के बारे और फेसब्क लाईव चर्चा में श्री राठौर ने कहा कि इस दिशा में माता पिता और अध्यापक महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकते है क्योंकि ये एक संय्क्त प्रयास है उन्होंने कहा कि मीडिया जो पहले कुछ लोगों तक ही सीमित था अब इसका प्रयोग सब कर रहे है श्री राठौड़ ने कहा कि अब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एक प्रसारण चैनल है और व्यक्तियों और सम्दायों की आवाज़ पूरे विश्व में फैल रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने मासिक प्रसारण मन की बात मे ज़ोर दिया है कि सोशल मीडिया का लोगों के फायदे के लिए जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाये राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार डिजीटल इंडिया के क्षेत्र में बडे कदम उठा रही है

इस दो दिवसीय कांफ्रेस में पूरे देश से महालेखाकार भाग ले रहे है इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि नई तकनीकों के साथ आम लोगों के लिए कम खर्च में सही कार्य हो हरियाणा के राज्यपाल और जे सी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविदयालय वाईएमसीए फरीदाबद के क्लाधिपति श्रीसत्यादेव नारायण आर्य ने विश्वविदयालय के कुलपति प्रो दिनेश कुमार के कार्य काल की अवधि को इस वर्ष चार नवम्बर के लिए बढ़ा दिया है इस सम्बध में अधिस्चना भी जारी कर दी गई है क्लपति के कार्यकाल का विस्तार म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की सिफारिश पर किया गया है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रो क्मार जिन्हे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास मे दिनेश योगदान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिष्ठित होमी भावा मेमोरियल प्रस्कार का सम्मान हासिल है का निय्क्ति विस्तार उनके कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय दवारा हासिल उपलब्धियों के आधार पर दिया गया है हरियाणा के प्लिस महानिर्देशक बी एस संधू ने आज कहा है कि काफी समय से लम्बित साढ़े सात हजार प्लिस कर्मियों की भर्ती जल्द प्री की जायेगी वे आज अम्बाला हिसार सड़क पर नग्गल थाने की नई इमारत के उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि नए थाने के भवन का निर्माण करीब दो एकड़ पर ढाई करोड़ रूपये से किया गया है

उन्होंने बताया कि जल्द ही अम्बाला में चार और थानों के लिए भी भवन बनाए जायेंगे प्लिस महानिदेशक ने कहा कि नवम्बर में प्लिस कर्मियों की भर्ती के लिए परीक्षा होगी और बिना इंटरव्यू योग्यता के आधार पर ये भर्ती होगी प्रदेश मे बढ़ रहे साईबार अपराध के मामलों पर पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस समय पंचक्ला व ग्रूग्राम में साईबर अपराध के मामले निपटाने के लिये थाने खोले गए है उन्होंने कहा कि अपराधा लोगों की जागरूकता के अभाव में भी हो रहे है इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है आने वाले समय में प्रदेश के हर जिले मे साईबर अपराध के मामले निपटाने के लिए थाने खोले जायेंगे श्री संध् ने बताया कि एनसीआर क्षेत्रों के लिए कवज के नाम से एक विंग भी बनाया जा रहा है जिसके डेढ़ सौ ग्रीन कमांडों शामिल होंगे हरियाणा में आश्विन नवरात्रों का पर्व ध्मधाम से मनाया जा रहा है पहले दिन आज हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर पहंचे

माता के दर्शन और यज्ञ में आहति देने के उपरान्त मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि मां एक शक्ति है हमारी संस्कृति है उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के हित उन्होंने मां की वंदना की है और माता से हरियाणा की सदैव ख्शहाली के लिए प्रार्थना की है राजनीति से ज्ड़े सवालों पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि आज मां का प्जन का दिन है इसलिए राजनीति से जुड़े प्रश्न न पूछे जाये पलवल और भिवानी में भोजा देवी मंदिर मे भी नवरात्रों के श्भारभ पर मां द्र्गा की प्जा की गई कालका मे काली देवी मंदिर में विधायक लतिका शर्मा ने पूजा अर्चना की श्री माता मनसा देवी मंदिर में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

आज महाराजा अग्रसेन की जयंती पर अग्रवाल सभा दवारा भिवानी मे रोहतक बेटर पर अग्रसेन की प्रतिमा पर प्ष्प अर्पित किये इस कार्यक्रम में म्ख्य अतिथि सांसद धर्मबीर सिंह व विशिष्ट अतिथि विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने शिरकत की सांसद धर्मबीर ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की नीतियां पूरे भारत में प्रसंगिक है वे समाजवाद के प्रवर्तक थे